ने डायन बिसाही के मामलों में गृह विभाग ने तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है हर जिले में डीएसपी मुख्यालय को बनाया नोडल पदाधिकारी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

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस वार्ता में भाग लेंगे भारत में कोविड संक्रमण के अचानक बढ़ते हुए मामलों और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत संभव है

प्रधान मंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा होगी एक अभ्यास जो वे पिछले साल की शुरुआत में महामारी के प्रकोप के बाद से नियमित रूप से कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर बाद करीब दो बजे आपदा रोधी संरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की जाएगी जो सम्पूर्ण मानवता के लिए मायने रखती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज तीस पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिये प्रोजेक्ट भवन में हुए इस समारोह के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा भी मौजूद थे इन सभी खिलाड़ियों की नियुक्ति गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले पुलिस विभाग में होगी तीस खिलाड़ियों में लॉन बॉल के दस तीरंदाजी के सात वृश् के छह कराटे के पांच ताइक्वांडो के चार साइक्लिंग के दो और बॉक्सिंग और हैंडबॉल के एक एक खिलाड़ी शामिल हैं

दो मई को मतों की गिनती की जाएगी चुनाव आयोग ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है

प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि उप चुनाव को लेकर पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है वहीं सभी कोषागों का गठन कर दिया गया है प्रत्येक कोषांग के लिए प्रभारी पदाधिकारी के साथ साथ वरीय पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है मध्यपुर विधानसभा में तीन लाख इक्कीस हजार एक सौ तिरानबे मतदाता है उन्होंने बताया कि दिव्यांग और बुजूर्ग मतदाताओं को कई सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी इसके अलावा कोरोना संक्रमण को देखते हए एक हजार से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र पर उसी भवन में सहायक मतदान केन्द्र बनाये गये हैं ताकि कोविड नियमों का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा सके मध्यपुर उप चुनाव को लेकर क्ल चार सौ नौ बूथों पर मतदान होगा साथ हीं आचार संहिता लागू होते ही जिले के सभी चेकपोस्टों पर सुरक्षा को लेकर आवश्यक कार्य किये जायेंगे निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर मतदान केन्द्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला लिया है चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है क्योंकि वीवीपैट के जरिये मतदाता अपने डाले गये वोट की पुष्टि कर सकता है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम वीवीपैट आवंटित करने से पहले ईवीएम प्रबंधन प्रणाली के जरिये दो बार जांच की जाती है और उसके बाद ये मतदान केन्द्र को सौंपे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के किन्ही भी पांच मतदान केन्द्रों पर वीवीपैट पर्चियों की गणना अनिवार्य की ताकि कन्द्रोल यूनिट से प्राप्त नतीजों की पुष्टि की जा सके

श्री गोयल ने कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए

ताजा समाचार ट्विटर हैंडल

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल

विभाग ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को डायन बिसाही के मामलों में दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है हर जिले में डीएसपी मुख्यालय को डायन बिसाही मामलों का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है विभाग ने डायन बिसाही से संबंधित घटना होने पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है इस मामले में लापरवाही होने पर संबंधित नोडल पदाधिकारी और थाना प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे डायन बिसाही की घटना की सुचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें और वरीय अधिकारियों को भी इसकी सुचना दें इसके अलावा डायन बिसाही की कु प्रथा को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया

श्री झा ने बताया कि छापेमारी गिरिडीह धनबाद बोकारो और कोलकाता में चल रही हैं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जायेगा उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायेगी कैबिनेट की बैठक के बाद कल उन्होंने कहा कि जिन बैंकों के निजीकरण की संभावना है वे भी निजीकरण के बाद काम करना जारी रखेंगे और कर्मियों के वेतन या पेंशन संबंधी सभी हितों का ख्याल रखा जायेगा श्रीमती सीतारामन ने बैंकों के निजीकरण पर टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी को समय समय पर दो लाइन की टिप्पणी करने की बजाय गंभीर चर्चा करनी चाहिए

राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी लोकसभा पिछले वर्ष मार्च में इसे पारित कर चुकी है

इसमें महिला की निजता का सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस विधेयक में महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह विधेयक लाया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने इसे प्रगतिशील बताते हुए कहा कि यह महिलाओं की गरीमा की रक्षा के लिए है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटे में नए मरीजों में उनासी प्रतिशत इन राज्यों से सामने आए हैं

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान छिहत्तर नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बीस हजार सात सौ इकहत्तर पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल चौवन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार एक सौ पहुंच गई है राज्य में कल एक मरीज मौत कोरोना की वजह से हुई है और अबतक मरने वालों की कुल संख्या एक हजार चौरानबे है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर पांच सौ सतहत्तर पहुंच गई है ग्मला जिला ने शिक्षा के क्षेत्र मे अच्छा काम किया है देशभर के एक सौ बारह आकांक्षी जिलों में गुमला को तीसरा स्थान मिला है नीति आयोग ने फरवरी दो हजार एक्कीस में शिक्षा को लेकर रैंकिंग जारी की थी इस रैंकिंग में झारखंड के पाकुड़ जिले की स्थिति सबसे खराब है पाकुड़ के एक सौ बारह जिलों की रैंकिंग में एक सौ ग्यारहवां स्थान मिला है वहीं इससे पहले रामगढ़ जिले को दो हजार बीस में देशभर में पहला स्थान मिला था ग्यारहवीं राष्ट्रीय सब जूनियर नैशनल महिला हॉकी चैम्पियनशिप में आज सेमीफाइनल मुकाबले हो रहे हैं पहले सेमीफाइनल मैच में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को शुन्य के मुकाबले दस गोलों से हराया दूसरे मैच में झारखंड का मुकाबला ओड़िशा से होगा यह चैम्पियनशिप सिमडेगा जिले के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हो रही है हॉकी दिल्ली को पांचवां स्थान मिला है वहीं उतराखंड की टीम सबसे निचले स्थान पर है अबतक हुए मुकाबलों में हरियाणा की टीम ने सबसे अधिक बहत्तर गोल किये हैं इस टूर्नामेंट में कुल बाइस टीमें हिस्सा ले रही हैं